आज मुंबई में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक एआईआईबी की तीसरी वार्षिक बैठक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि निवेशक पैसा लगाते समय देश के विकास और वहां अर्थव्यवस्था की स्थिरता की उम्मीद करते हैं

वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में बहुपक्षीय बैंकों की अवधारणा को बल मिला है

आज जयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री जावडेकर ने कहा कि आपातकाल के दौरान लोगों ने जो संघर्ष किया वह दूसरा स्वतंत्रता संग्राम था उन्होंने कहा कि आज का दिन उन संघर्षो को याद करने का दिन है श्री जावड़ेकर ने कहा कि आपातकाल की पूरी कहानी स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल की जायेंगी

इस वर्ष का विषय है पहले सुनिए बच्चों और युवाओं को सुनना उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित बनाने में उनकी मदद के लिए पहला कदम है इस मौके पर नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शराब और अन्य नशीले पदार्थों की लत छुड़ाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया

चिकित्सा और स्वास्थ्य कालीचरण सराफ ने बताया कि मोबिलाईजेषन पखवाड़े के दौरान योग्य दम्पति सम्पर्क अभियान संचालित किया जायेगा इस दौरान स्वास्थ्य कार्यकर्ता आषा सहयोगिनियां और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में सीमित परिवार के लाभ और विवाह की सही आयु के बारे में जागृति पैदा करेंगे

वहीं टोंक में एसीबी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में कार्यरत कनिष्ठ लिपिक सरफराज आलम को आज चार हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया है

जिला कलक्टर सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि ऑनलाईन लॉटरी के लिए प्रक्रिया कल सुबह ग्यारह बजे शुरू होगी सबसे पहले जयपुर नगर निगम की लॉटरी निकाली जायेगी

भरतपुर में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में केंद्र और राज्य सरकार की चलाई जा रही फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वन की समीक्षा की गई

बांसवाड़ा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने आज छोटीसरवन पंचायत समिति में बैठक लेकर सरकार की विभिन्न योजनाओं के कियान्वयन की समीक्षा की

बाड़मेर जिले में भाडखा गांव में थ्रमबली रोड़ पर आज एक जीप पलटने से दो लोगों की मौत हो गई

धौलपुर में आज दिनभर बादल छाए रहे तथा शाम को हल्की बारिश हुई